राज्य सरकार और नौकरषाही उद्योगपतियों को मुहैया करा रही है मैं अपने वैश्विक अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं ये बातें मुख्यमंत्री कमल नाथ ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजित राउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहीं

अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली चुनाव परिणाम नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पर जनादेश नहीं है कल शाम एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री शाह ने कहा कि भाजपा केवल परिणामों के लिए चुनाव नहीं लड़ती एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्यानिकी संचालनालय द्वारा होशंगाबाद हरदा सहित बैतूल जिले का चयन तोतापरी की कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए किया गया है बताया जाता है कि माइक्रो इरीगेशन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए विश्व विख्यात एक निजी कंपनी का शासन स्तर से करार तोतापरी की कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए हुआ है

लालबाग संरक्षण इंदौर के ऐतिहासिक स्थल लालबाग के संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विषेष कार्य योजना बनाई जाएगी ये निर्णय संभाग आयुक्त आकाष त्रिपाठी की अध्यक्षता में कल आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया

मौसम हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी होने और वातावरण की नमी कम होने से राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अब सर्दी कम होती जा रही है भोपाल में बीते चार दिनों से चमकदार धूप खिलने से तापमान में वृद्धि हो रही है

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है

वहीं असमिया डोंगरी और तमिल वेबसाईट का शुभारंभ भी किया गया

यह जानकारी महापौर अलोक शर्मा ने दी

इसमें बालश्रम कराते दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया